नामांकन भरने का कल अंतिम दिन था शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में चुनाव होंगे

वहीं विदिशा रायसेन संसदीय सीट के लिए आखिरी दिन आठ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किये उधर सतना संसदीय सीट के लिए चार उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं

उदितराज उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद उदित राज आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की श्री राज को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिया गया था जिससे वे नाराज थे उनकी जगह पार्टी ने गायक हंसराज हंस को अपना उम्मीदवार बनाया है स्टार प्रचारक भाजपा प्रदेश में लोकसभा च्नावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी और सांसद हेमामालिनी भी प्रचार करेंगी

वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है

श्री सिंह ने आज टवीट संदेशों के जरिए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मिशन को पूरा करने में उनके शासनकाल के दौरान प्रदेश पंचायती राज को कायम करने वाला देश का पहला राज्य बना उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में ग्रामीण स्वशासन का सफल क्रियान्वयन हो सका वहीं भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाक्र ने कांग्रेस उम्मीदवार श्री सिंह को कर्मचारी विरोधी बताया है भोपाल में शासकीय कर्मचारियों से संपर्क के दौरान आज सुश्री ठाकर ने कहा कि मख्यमंत्री रहते हुए श्री सिंह ने कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिए वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य इकाई के सचिव जसविन्दर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाकर भाजपा भोपाल के सांप्रदायिक सद्भाव आपसी भाई चारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बुनियादी सरोकारों पर चर्चा चाहती है

रीवा में भी उनका एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है